राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती पर कल उन्हें भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की गई इस अवसर पर कई कार्यक्रम किए गये आयोजित गांधी जयन्ती के उपलक्ष्य में राज्य विधान मंडल का छत्तीस घंटे अनवरत चलने वाला विशेष सत्र कल से हुआ शुरू

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से वर्ष दो हजार बाईस तक देश से एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक समाप्त करने का आह्वान किया है श्री मोदी ने कहा कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है और हमें देश से इस तरह की प्लास्टिक को खत्म करने का लक्ष्य हासिल करना होगा प्रधानमंत्री कल शाम अहमदाबाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवी जयंती पर उन्हें श्रद्वाजंलि देने के इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे प्रधानमंत्री ने एक व्यक्ति एक संकल्प का आग्रह करते हए कहा कि कोई आन्दोलन तनी सफल होगा जब हम खुद में बदलाव लायेंगे बीस हजार सरपंचों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छता पर्यावरण स्रक्षा और जीव स्रक्षा ये तीनों गांधी जी के प्रिय विषय थे प्लास्टिक इन तीनों के लिए बहत बड़ा खतरा है इसलिए दो हजार बाईस तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य हमें हासिल करना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि एक सौ तीस करोड़ प्रयास एक सौ तीस करोड़ संकल्यों की ताकत देश में बहत कुछ कर सकती है उन्हॉने कहा कि आज संकल्प लेकर अगले एक साल तक हमें निरन्तर इस दिशा में काम करना है यही एक कृतज़ राष्ट्र की बापू को सच्ची श्रद्वाजंति होगी प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सावरमती के रिवर फ्रंट से देश को खते में शौच से मुक्त होने का एलान भी किया प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते पांच साल में देश में दस करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गये हैं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि ग्जरात चक्रधारी मोहन व चरखाधारी मोहन की धरती है पांच साल पहले लालकिले से किए गये एक आहवान को देश के करोड़ों लोगों ने एक अभियान बना दिया वहां प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है

ग्रामीण इलाकों आदिवासी अंचलों में लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले स्वच्छ भारत अभियान जीवन रक्षक भी सिद्ध हो रहा है और जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम भी कर रहा है प्रधानमंत्री ने गांधी जयंती पर एक डाक टिकट व एक सौ पचास रूपये का एक चॉदी का सिक्का भी जारी किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महात्मा गांधी की शिक्षा से द्वनिया के सामने मौजूद चुनौतियों का समाधान हो सकता है वे कल अहमदाबाद हवाई अड्डे पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि संयक्त राष्ट्र में गांधी जी की एक सौ पचासवीं जयंती का उल्लेख बड़े जोश से किया गया है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व स्तर पर भारत का कद बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर हो रहे कई सकारात्मक बदलाव के मामलों में भारत सबसे आगे है इससे पहले कल सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला गृहमंत्री अमित शाह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कई केन्द्रीय मंत्रियों और भाजपा तथा विपक्ष के नेताओं ने नई दिल्ली में राजघाट स्थित बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री की जयन्ती के अवसर पर प्रदेश में कल विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने फिट इंडिया प्लागिंग रन अभियान के तहत सड़कों से प्लास्टिक उठाने का काम किया इस मौके पर श्री सिंह ने कहा दो अक्टूबर दो हजार चौदह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की थी जिसने अब जनान्दोलन का रूप ले लिया है मेरठ में केन्द्रीय पशु पालन और डेरी विकास राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान ने भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस मैराथन का उद्देश्य फिट इंडिया सिंगिल यूज प्लास्टिक के उपयोग तथा स्वच्छता के प्रति संदेश देना था इस अवसर पर श्री बालियान ने कहा कि गांधी जयन्ती के अवसर पर लोगों को पॉलीथीन उपयोग न करने का संकल्प लेना चाहिए वाराणसी में स्वर्गीय लाल बहाद्र शास्त्री के पैतुक निवास स्थल पर उनकी एक सौ पन्द्रहवीं जयन्ती ध्मधाम के साथ मनाई गयी इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में विधान परिषद सदस्य लक्ष्मण आचार्य ने कहा कि शास्त्री जी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता की प्रतिमूर्ति थे श्री आचार्य ने कहा कि जय जवान जय किसान का नारा देकर शास्त्री जी ने सबसे पहले कृषि क्षेत्र में देश को आत्म निर्भर बनाने की पहल की थी उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को शास्त्री जी के आदर्शो को आत्मसात कर राष्ट्र के नव निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए औरैया में एक स्वैच्छिक संस्था द्वारा डांडी रैली का आयोजन किया गया तथा नगर वासियों ने स्वच्छता का संदेश आम लोगों को देने के लिये रैली निकाली बरेली में केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कल गांधी संकल्प यात्रा का श्मारम्भ किया इस अवसर पर श्री गंगवार ने कहा कि देश बीते पांच वर्षो में स्वच्छता के प्रति जागरूक हुआ है जिसका परिणाम है कि लोग भाजपा द्वारा निकाली जा रही संकल्प यात्रा से स्वयं जुड़ रहे हैं सुल्तानपुर में पूर्व केन्द्रीय मंत्री व स्थानीय सांसद मेनका गांधी ने क्ड़वार में गांधी संकल्प यात्रा का श्मारम्भ किया इस दौरान लोगों को स्वच्छता नशामुक्ति अहिंसा और भाईचारे का संदेश दिया गया गोरखपुर में गांधी संकल्प यात्रा का नेतृत्व सांसद रवि किशन ने किया इस अक्सर पर सांसद ने लोगों से अपने आसपास स्वच्छता बनाये रखने की अपील की सांसद गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान के तहत शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुये इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के तमाम अधिकारीगण और कर्मचारी उपस्थित रहे गोरखपुर में आयुक्त कार्यालय परिसर में मण्डलायुक्त जयंत नार्लिकर और कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी के विजयेन्द्र पाण्डियन ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्वांजलि अर्पित की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती के उपलक्ष्य में राज्य विधानमंडल का छत्तीस घंटे लगातार चलने वाला विशेष सत्र कल लखनऊ में शुरू हुआ इस विशेष सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के योगदान को नमन करते हुए कहा कि गांधी जी ने अहिंसा के ज़रिए उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा दिखाई उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये शास्त्री जी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता अपने सम्बोधन में श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य से ग़रीबी ख़त्म कर अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अग्रसर है उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षो के दौरान प्रदेश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास के लक्ष्य बिन्द्रऑ का जिक्र करते हये श्री योगी ने कहा कि इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं विधानसभा में विपक्षी सदर्स्यो के अनुपस्थित होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष चर्चा के दौरान विपक्ष का गैर हाजिर रहना न सिर्फ सदन की अवमानना है बल्कि बापू का भी अपमान है उधर विधान परिषद में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्वांजलि अर्पित करते हये कहा कि इन दोनों महापूरुषों का जीवन दर्शन और दृष्टि समी के लिये प्रेरणादायक है श्री शर्मा ने कहा कि सतत विकास के लक्ष्य बिन्दुओं को हासिल करना इन दोनों नेताओं के प्रति सच्ची श्रद्वांजलि होगी

इनमें प्रदेश में दूसरे चरण के तहत चौदह जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने और चौदह जिलों में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी शामिल है राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्वार्थ नाथ सिंह और श्रीकान्त शर्मा ने मीडिया को मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में बताते हए कहा कि लखनऊ गोरखपुर वाराणसी प्रयागराज और मथुरा वृन्दावन सहित चौदह जिलों में यातायात को सुगम बनाने के लिये सात सौ इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जायेगा इस परियोजना पर नौ सौ पैंसठ करोड़ रूपये खर्च होंगे